मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसपी के तहत धान ख़रीद के काम को तेज़ी से संचालित करने और भुगतान बहत्तर घंटे के अन्दर सुनिश्चित करने के दिये निर्देश दुनियाभर में कल मनाया गया रेडियो दिवस प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर हुई अट्ठानबे प्रतिशत पिछले चौबीस घंटे में राज्य में तिरानबे लोगों में कोविड नाइन्टीन की हुई पृष्टि केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केन्द्रीय बजट के प्रावधानों के माध्यम से भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है यह बजट कोविड से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था के विकास में आवश्यक प्रोत्साहन देगा श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार के सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगी लोकसभा में कल आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने चुनौतियों को अवसर में बदलने का काम किया और अर्थव्यवस्था के दीर्घ अवधि विकास के लिए कई कदम उठाए श्रीमती सीतारामन ने विपक्षी पार्टियों के उस आरोप का खंडन किया जिसमें कहा गया है कि सरकार ने इस बजट में विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों में कटौती की है उन्होंने कहा कि बजट में किये गये प्रावधानों को गलत समझा गया है कृषि क्षेत्र के बारे में वित्तमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दस करोड से भी अधिक किसानों को एक लाख पन्द्रह हजार करोड रुपये की राशि अंतरित की गई है वित्तमंत्री ने कहा कि रक्षा बजट में पिछले साल की तुलना में इस वर्ष लगभग उन्नीस प्रतिशत की वृद्वि की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसपी के तहत धान ख़रीद के काम को तेज़ी से संचालित करने के निर्देश दिये हैं श्री योगी कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर हुई उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कामों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि धान खरीद केन्द्रों पर किसानों को सभी जरूरी सुविधाए उपलब्ध कराई जाये मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि किसानों की उपज का भूगतान बहत्तर घंटे के अन्दर सुनिश्चित किया जाना चाहिये महिला कल्याण से संबंधित योजनाओं और नीतियों की समीक्षा करते हुए श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये कृत संकल्पित है और इस उद्देश्य से राज्य में अनेक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं उन्होंने महिलाओं के कल्याण से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने का निर्देश भी दिया मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड त्रासदी के पीड़ितों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने का अधिकारियों को निर्देश दिया उन्होंने कहा कि अधिकारी आपदा प्रमावितों से बराबर संवाद बनाये रखे और उनको जरूरी राहत उपलब्ध कराये श्री योगी ने विभागीय कामों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और बच्चों में लर्निंग कौशल पर केन्द्रित कार्य योजना बनाने और उसका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया है उन्हॉने बेसिक शिक्षा के विद्यार्थियों के लिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हजार बीस और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हए वेसिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में भारतीय परिवेश और संस्कृति प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और महापुरूषों के जीवन प्रसंगों को शामिल किये जाने की बात कही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान को पूरी सक्रियता से संचालित किया जाए उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लाभार्थी को टीकाकरण की निर्धारित तिथि से दो दिन पूर्व फोन पर सुचना भेजकर टीकाकरण के स्थान और समय की जानकारी उपलब्ध करायी जाए लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड पर अंतिम प्रहार करने के लिए टीकाकरण शुरू किया गया है उन्होंने प्रदेश में अप्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण और तेज करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड की संक्रमण दर में गिरावट आयी है लेकिन इस वैश्विक महामारी के प्रति सजगता बरतना जरूरी है उन्हॉने कोविड नमूनों की जांच भी तेज गति से संचालित करने के निर्देश दिए राज्य सरकार ने सभी मेडिकल संस्थानों को कोविड से पूर्व की भांति सभी चिकित्सा सेवाओं को शुरू करने का निर्देश दिया है

कल विश्व रेडियो दिवस मनाया गया संयक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यनेस्को ने वर्ष दो हजार ग्यारह में विश्व रेडियो दिवस मनाने का निर्णय लिया था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दो हजार बारह में इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया इस साल के विश्व रेडियो दिवस का विषय नई दुनिया नया रेडियो इसके तहत पूरे संकट काल के दौरान रेडियो के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को सामने लाया जाएगा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने विश्व रेडियो दिवस पर कहा कि रेडियो संचार का लोकप्रिय माध्यम होने के साथ ही सूचना और मनोरंजन का भी एक प्रमुख स्रोत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो के सभी श्रोताओं को शभकामनायें दी हैं उन्होंने श्रोताओं को रेडियो से नवीन सामग्री और संगीत सुनाने वालों को भी बधाई दी है सुचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भी विश्व रेडियो दिवस पर सभी को शभकामनाएं दी हैं श्री जावडेकर ने कहा कि रेडियो का लगातार विस्तार हो रहा है रेडियो का प्रसार बढ़ रहा है लोग रेडियो सुनते हैं खेत खलिहान में काम पए चाय की टपरी पर टीवी नहीं देख सकते हैं सोशल मीडिया एक मर्यादा के बाद टेलिफोन में पढ़ते रहना असंगव होता है रेडियो सुनना ये अपनी विरासत भी है और रेडियो सुनना बहुत आनंद भी है

पॉकेट में मोबाइल है कान में तार है स्पीकर है और सुनते रहो तो र्य अनुमव रेडियो का है इसलिए रेडियो डे के उपलक्ष्य में मेरी बहत सारी शुमकामनाएं विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पट्टी ने कहा कि आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के मोबाइल ऐप पर दो सौ से ज्यादा लाइव स्ट्रीम्स जारी करने से अब देश के किसी भी कोने में आकाशवाणी को सुना जा सकता है प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर अटठानबे प्रतिशत है पिछले चौबीस घंटे में राज्य में तिरानबे लोगों में कोविड नाइन्टीन की पुष्टि हयी है जबकि इस दौरान दो सौ इक्कीस लोग बीमारी से ठीक हए हैं प्रदेश में कोविड नमनों की जांच का काम तेजी से चल रहा है

त्यर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्रंट ताइन वर्कर्ता के टीकाकरण के कार्य को तेजी से करने के आदेश दिए हैं और कहा कि टीका तानाधियों को समय रहते टीका तगने के स्थान और समय की जानकारी दी जाए एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ उत्तराखंड में खोज और बचाव अभियान कल छठे दिन भी जारी रहा इस घटना में मारे गए अडतीस लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और करीब एक सौ छियासठ लोग अभी भी लापता हैं टनल में फंसे पच्चीस से तीस लोगों को बचाने का काम लगातार जारी है बचाव दल ने एक अन्य टनल तक पहंचने में सफलता पाई है जिससे वहां फंसे हए लोगों का पता चल सकेगा घटनास्थल पर डिलिंग का काम तेजी से चल रहा है कल शाम एक नई मशीन शामिल की गई है जो ज्यादा बेहतर तरीके से ड्रिल कर सकती है और उससे उस होल का चौड़ा किया जा रहा है जो नीचे जा रही सुरंग में पहंचता है और इस सुरंग को चौड़ा करके उसमें कैमरे और दूसरे तकनीकी उपकरण डालकर अंदर फंसे लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाएगी प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने केन्द्रीय बजट को ग्रामीणॉ और किसानों के कल्याण पर आधारित बताया है श्री द्विवेदी कल बस्ती में मीडिया से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि पहली बार देश के आम बजट में चिकित्सा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है और उसका बजट बान्नवे हजार करोड से बढा कर दो लाख बत्तीस हजार करोड कर दिया गया है